प्रधानमंत्री ने इस अवसर पर कहा कि इस योजना के अंतर्गत देश में दस करोड़ से अधिक परिवारों को स्वास्थ्य गारंटी प्रदान की जाएगी

श्री नड्डा ने यह भी बताया कि देश में जल्दं ही डेढ़ लाख स्वास्थ्य केन्द्र खोले जाएंगे स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने बताया कि यह सरकार द्वारा वित्त पोषित विश्व का सबसे बड़ा स्वास्थ्य देखभाल कार्यक्रम है

इस योजना से राज्य के पांच लाख से ज्यादा परिवारों को फायदा पहुंचेगा मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने राजधानी देहरादून के गांधी शताब्दी अस्पताल में आयोजित कार्यक्रम में योजना का शुभारंभ किया

दूसरे चरण में पूरे राज्य के लोगों को इसका लाभ मिलेगा

अन्य जिलो में भी योजना शुरू की गई बागेश्वर में आयोजित कार्यक्रम में हेल्थ कार्ड मिलने से लाभार्थी बेहद खुश दिखे

वहीं उत्तरकाशी रुद्रप्रयाग टिहरी में भी योजना का शुभारंभ किया गया और लाभार्थियों को हेल्थ कार्ड दिये गए टिहरी में हुए कार्यक्रम में पहुंचे लाभार्थियों का कहना था कि अब गरीब व्यक्ति भी बीमार होने पर अपना बेहतर इलाज करा सकेगा

ऋषिकेश में समिट की तैयारियों का निरीक्षण करने के उद्देश्य से हुई बैठक में श्री जावलकर ने गढ़वाल मंडल विकास निगम राष्ट्रीय राजमार्ग विकास प्राधिकरण पुलिस विभाग लोक निर्माण विभाग वन विभाग और जिला प्रशासन टिहरी समेत सभी संबंधित विभागों को समय पर तैयारियां पूरी करने को कहा है

श्री जावलकर ने आयोजन के लिए चिन्हित स्थान का स्थलीय निरीक्षण भी किया गौरतलब है कि अक्टूबर में प्रदेश में इंवेस्टर्स समिट का आयोजन किया जाना है

इसके साथ ही दस दिन तक चले गणेश उत्सव का आज समापन हो गया है इस अवसर पर प्रदेश में लोगों ने गणेश प्रतिमाओं का विधि विधान के साथ विसर्जन किया नदियों में गणपति की मूर्तियों को विसर्जित कर अगले साल दोबारा आने की कामना की गई इस अवसर पर कई जगह शोभायात्रा निकाली गई इस दौरान कई रूट भी डायवर्ट किये गए स्लग स्वच्छता अभियान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब से देश में स्वच्छता अभियान की शुरुआत की है लोगों का ध्यान अपने आसपास फैली गंदगी की ओर गया है साफ सफाई को लेकर जागरूकता आने लगी है नई टिहरी भी इससे अछूता नहीं है पहले खुले में कूड़ा फेंकने की लोगों की आदत अब बदल गई है अब घर घर जाकर कूड़ा उठाने की व्यवस्था भी हो गई है स्थानीय निवासी अनुराग उनियाल मानते हैं कि ये स्वच्छता अभियान का ही असर है कि अब नई टिहरी की सड़कें और गलियां साफ सुथरी नजर आने लगी हैं

इस अभियान में जनभागीदारी साबित करती है कि लोगों को स्वच्छता की अहमियत पता चली है और वो इसे गंभीरता से ले रहे हैं

वहीं प्रदेश के कई हिस्सों में पिछले दो दिनों से बारिश हो रही है चम्पावत जिले में कई घंटों तक बारिश हुई बारिश से जिले के टनकपुर पिथौरागढ़ राष्ट्रीय राजमार्ग सहित विभिन्न सम्पर्क मार्ग बाधित हो गए वहीं राष्ट्रीय राजमार्ग पर अमरू बैण्ड सिंयाडी चल्थी स्वाला आदि स्थानों में मलबा आने से जगह जगह सड़कें बंद हो गई सड़कों को खोलने की कार्रवाई जारी है वहीं बागेश्वर में रिमझिम बारिश से तापमान में गिरावट आयी है हालांकि बारिश से किसान परेशान हैं खेतों में कटे धान भीग गए हैं और कटी घास को भी नुकसान पहुंच रहा है बारिश होने से धान की मढ़ाई प्रभावित हुई है शनिवार की सुबह से ही रिमझिम बारिश का दौर शुरू हो गया कपकोट तहसील के पिंडर घाटी क्षेत्र में पिंडारी कफनी और सुंदरदूंगा क्षेत्र में हल्की बर्फबारी की भी खबर है

उत्तरकाशी और टिहरी जिले में भी दो दिनों से लगातार बारिश हो रही है जिससे धान तिलहन और दलहन फसलों को नुकसान हुआ है बारिश से सितंबर के महीने में ही ठंड महसूस होने लगी है स्लग एक देश एक चुनाव मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने एक देश एक चुनाव का समर्थन करते हुए कहा कि पूरे देश में ग्राम प्रधान क्षेत्र पंचायत प्रतिनिधि ब्लॉक प्रमुख विधायक और सांसद का चुनाव एक साथ एक समय पर करवाने से धन ऊर्जा और समय की बचत होगी प्रदेश के सभी राजकीय महाविद्यालयों और विश्वविद्यालयों के निर्वाचित छात्र पदाधिकारियों के सम्मेलन में श्री रावत ने ये बात कही उन्होंने कहा कि प्रदेश में एक ही दिन सभी छात्रसंघों के चुनाव से देश के समक्ष मिसाल कायम हुई है अब एक देश एक चुनाव के संकल्प पर गम्भीरता से विचार करना होगा इस मौके पर उन्होंने छात्रसंघों में ज्यादा संख्या में महिला पदाधिकारियों के चुने जाने पर खुशी जताई श्री रावत ने कहा कि महिलाओं को हर क्षेत्र में आगे आना चाहिए